प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी पक्षियों के संरक्षण पर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि भारत जलवायू संरक्षण स्थाई जीवन शैली और हरित विकास मॉडल के आधार पर जलवायु अभियान का नेतृत्व कर रहा है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वन्य जीवन और पर्यावरण का संरक्षण भारत की संस्कृति में शामिल है और हम सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं श्री मोदी ने अपनी सरकार द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण के लिए देश भर में किये जा रहे कार्यो की चर्चा की पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समेकित प्रयास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान और पूर्व एशिया के देशों के साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं

केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रो प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस अवसर पर मौजूद थ

मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के विकास के लिये कार्य कर रही है श्री योगी आज विधानसभा में बोल रहे थे सदन में बसपा और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा कानपुर की एक दलित बस्ती में दबंगों के अत्याचार की घटना का मामला उठाये जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के दलितों को उनके अधिकार दे रही है अब तक तीस लाख लोगों को घर इसके अलावा बड़ी संख्या में बिजली कनेक्शन आयुष्मान योजना के तहत सुविधाएं देकर लाभान्वित कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि दलितों के नाम पर राजनीतिक दल अपने एजेंडे के तहत आंसू बहा रहे हैं जबकि सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली सरकारों ने दलितों के हित में कुछ नहीं किया इससे पूर्व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज विधानसभा में हंगामा करते हुए प्रश्नकाल बाधित किया नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी द्वारा अखिलेश यादव की सुरक्षा के मुद्दे पर उठाये गये प्रश्नों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अखिलेश यादव को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है संसदीय कार्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से वॉक आउट किया सदन में हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही आज दो बार स्थगित की गई राज्यपाल के अभिभाषण पर लाये गये संशोधन प्रस्ताव पर कांग्रेस अपना दल के सदस्यों ने हिस्सा लिया

उधर विधान परिषद में भी विपक्षी सदस्यों ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान एवं कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हंगामा किया जिसके चलते विधान परिषद की कार्यवाही को आधे घंटे के लिये स्थगित करना पडा

गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने सदन में एक सवाल के जवाब में बताया कि किसानों को बिना किसी विलम्ब क भुगतान मिल रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार चीनी का उत्पादन बढ़ा है और गन्ना किसानों को राहत मिली है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

दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में आज चारों दोषियों को तीन मार्च की सूबह छह बजे फांसी देने के लिए नया फरमान जारी कर दिया है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने मौत की सजा प्राप्त दोषियों मुकेश सिंह पवन गुप्ता विनय शर्मा और अक्षय कुमार के खिलाफ मौत का नया फरमान जारी किया अदालत ने इस संबंध में निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार के इस आशय के आवेदन की सुनवाई करते हुए यह फरमान जारी किया इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दोषियों की फांसी की सजा पर अमल करने के लिए अधिकारियों को सत्र न्यायालय से संपर्क करने की छूट दे दी थी

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है हाईस्कूल की परीक्षाएं तीन मार्च तक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं छह मार्च तक चलेंगी माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव प्रशासन शिवपाल ने बताया कि इस वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा में तीस लाख बाईस हजार छह सौ सात परीक्षार्थी शामिल होंगे

उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में सूचारू रूप से परीक्षा सम्पन्न कराने के लिये एक एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है सभी नियंत्रण कक्ष लखनऊ में स्थापित राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम से संबद्ध रहगे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिये प्रदेश भर में सात हजार सात सौ चौरासी परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसी टीवी कैमरों से नजर रखी जायेगी नौ सौ अड़तीस संवदेनशील और तीन सौ उन्तालीस अति संवेदनशील केन्द्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट को तैनाती की जायेगी उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र को आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर उन सभी महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए जिन्होंने इसका विकल्प चुना है न्यायालय ने कहा कि उन्हें कमान तैनाती दिये जाने पर भो कोई प्रतिबंध नहीं होगा न्यायमूर्ति डीवाईचन्द्र चूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि महिलाओं को स्थाई कमीशन अथवा कमान तैनाती न दिया जाना मनोवज्ञानिक सीमाओं और सामाजिक व्यवस्था के तहत है अदालत ने कहा कि महिलाओं को इस तरह की तैनाती से वंचित रखना गैर तार्किक तथा समानता के अधिकार के विरूद्व है

सेना की महिला अधिकारियों ने फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और प्रगतिशील बताया है वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने इस फैसले के लिए न्यायालय का आभार व्यक्त किया

हरदोई उन्नाव मार्ग पर लखनऊ एक्सप्रेस वे स्थित टोल प्लाजा के सामने कल देर शाम एक दर्दनाक हादसे में वैन में सवार सात लोगों की जिन्दा जलकर मौत हो गई पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना वैन के टॉयर के फटने से हुई टॉयर फटने के बाद वैन अनियंत्रित होकर आगे जा रही ट्रक में घुस गई भिडन्त के बाद वैन में आग लग गई

मुख्यमंत्रो योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए हादसे में मारे गये लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उधर शाहजहांपुर के थाना रोजा अन्तर्गत मोहम्मदी रोड पर देवरिया गांव के निकट एक कार सामने से आ रहे ऑटो से टकराने के बाद सड़क के किनारे बने खोखे से टकरा गया इस दौरान खोखे में बैठे तीन लोगों को घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक घायल की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हुए है जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है केन्द्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना देशभर में चलाई जा रही है इसका उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करने के कदम उठाना तथा मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना है देशभर म किसानों ने इस योजना का स्वागत किया ह और अब यह एक प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन बन गई है

यह हमारे स्वास्थ्य कार्ड की तरह ही है जो कि फसलों के लिये उचित रसायन और सूक्ष्म तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी देता है